योग दिवस छठा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज मनाया जा रहा है योग दिवस आयोजन की शुरूआत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संदेश के साथ हई प्रधानमंत्री ने लोगों से घर पर रहकर सुरक्षित दूरी बनाये रखते हुए परिवार के सदस्यों के साथ योग करने की अपील की है

धार से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में भी अंतरराष्ट्रीय योग दिवस उत्साह के साथ मनाया जा रहा है

जुड़ो में लगातार तीन अंतरराष्ट्रीय गोल्ड मेडल और एक सिल्वर मेडल जीतने वाली जबलपुर की दिव्यांग खिलाड़ी जानकी गौर विपरीत परिस्थितियों में बच्चों को योग सिखा रही हैं

पत्रकार अनुज ममार ने बताया कि योग से तनाव को कम करने में मदद मिली ग्वालियर कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने लोगों से घरों में रहकर योग करने की अपील की है मंडला शिवपुरी मुरैना भिंड रायसेन रतलाम मंदसौर गुना सागर सहित सभी जिलों में लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए घरों से ही योग दिवस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं कोरोना प्रदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि देश के बड़े प्रांतों में एक्टिव प्रकरण की दृष्टि से मध्यप्रदेश की स्थिति बेहतर है

यानी कि मध्यप्रदेश में कोरोना वायरस तेजी से नियंत्रित हो रहा है मुख्यमंत्री कल कोरोना की स्थिति की समीक्षा कर रहे थे

शिवपुरी में भी एक और कोरोना पॉजिटिव सामने आया है

विधानसभा के प्रमुख सचिव एपी सिंह ने बताया कि सत्र के दौरान सदन की पांच बैठकें होंगी इस संबंध में अधिसूचना आज जारी कर दी गयी है

यह एक बड़ी खगोलीय घटना है इस वर्ष का पहला सूर्यग्रहण ग्रीष्म अयनकाल में हो रहा है जोकि उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है

जबलपुर में नर्मदा और उज्जैन में क्षिप्रा नदी में लोग नदी में स्नान नहीं कर पाएंगे सिवनी में लोगों से सूर्यग्रहण को सेफिट ग्लास के साथ देखने को कहा गया है उधर इंदौर सांध्यकालीन आरती के बाद कल सूतक लगने से खजराना गणेश सहित अधिकांश मंदिरों के पट बंद कर दिये गये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

केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटने के बाद राधेश्याम जुलानिया को माध्यमिक शिक्षा मंडल का अध्यक्ष बनाया गया है अभी तक मंडल की अध्यक्ष रहीं सलीना सिंह को प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड का अध्यक्ष पदस्थ किया गया है मध्यप्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम भोपाल की प्रबंध संचालक सूफिया फारुकी वली को संचालक प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड और प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गयी है देवास के अपर कलेक्टर नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी को चिकित्सा शिक्षा विभाग में उप सचिव पदस्थ किया गया है

सागर कलेक्टर ने कहा है फिलहाल जिले में टोटल लॉकडाउन लागू नहीं किया जाएगा